केंद्र सरकार ने कहा अब चौदह दिनों में कंटेनमेंट जोन होगा कोरोना मुक्त

राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर ग्यारह हजार तीन सौ चौदह हो गई है अभी राज्य में कोराना के छह हजार आठ सौ चौरानबे सक्रिय मामले हैं और चार हजार तीन सौ चौदह लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक सौ छह हो गई है अभी राज्य में दो लाख चौरानबे हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान सात हजार आठ सौ पांच नमूनों की जांच की गई अभी राज्य में सबसे अधिक दो हजार उनचालीस कोरोना के मामले रांची जिले में हैं इसके बाद एक हजार आठ सौ सैतालीस मामले पूर्वी सिंहभूम जिले में हैं राज्य के बोकारो धनबाद चतरा गढ़वा गिरिडीह गुमला हजारीबाग कोरडमा पलामू रामगढ़ सिमडेगा तथा पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर अड़तीस प्रतिशत से अधिक है केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के अनुसार अब कंटेनमेंट जोन को चौदह दिन में कोरोना मुक्त घोषित कर दिया जाएगा कंटेनमेंट जोन में कोरोना का नया केस मिलने के बाद अठाइस दिनों तक इंतजार किया जाता था और कोई नया केस नहीं मिलने पर उसे क्षेत्र को कोरोना मुक्त घोषित किया जाता था अब केंद्र सरकार ने अठाइस दिन की समय सीमा घटाकर चौदह दिन कर दी है मुख्यमंत्री आवास में दो कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं इसके बाद से मुख्यमंत्री आवास में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है मुख्यमंत्री के एक आप्त सचिव और मुख्यमंत्री आवास के एक वाहन चालक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वाहन चालक मुख्यमंत्री आवास में ही रहते हैं और तबीयत खराब होने पर उनकी जांच कराई गई रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री आवास के पचास कर्मचारियों की जांच की गई है इनकी रिपोर्ट आज आएगी मुख्यमंत्री के आप्त सचिव पहले से ही होम कोरेंटीन में थे विधि विभाग द्वारा झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश दो हजार बीस राजभवन भेज दिया गया है राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे सरकार राज्य में लागू कराएगी इस अध्यादेश के तहत मास्क नहीं पहने और अन्य नियमों के नहीं मानने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि अध्यादेश के नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है नियमावली में मास्क नहीं पहनने या दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर अलग अलग जुर्माना और सजा का प्रावधान होगा

गृह मंत्रालय ने इस बारे में नये दिशा निर्देश बुधवार को जारी किये थे जो राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक परामर्श से तैयार किये गये हैं कंटेनमेंट जोन में होने वाली गतिविधियों की राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी की जाएगी और इनमें महामारी को ध्यान में रखते हुए लगाई गयी पाबंदियों पर कडाई से अमल किया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय कंटेनमेंट जोन के सही तरीके से निर्धारण और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा रोकथाम के उपायों की निगरानी करेगा राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश स्थिति के आकलन के आधार पर कंटेनमेंट जोन्स से बाहर भी कुछ गतिविधियों पर रोक या ऐसी पाबंदियां लगा सकते हैं जो वे जरूरी समझते हैं लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक ही राज्य के भीतर लोगों या सामान के आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी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

दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस अवसर पर देश की डिजिटल उड़ान नाम का एक विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया अपने पत्र में प्रधानमंत्री ने देश में दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए दूरसंचार विभाग दूरसंचार कंपनियों और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के योगदान की सराहना भी की है उन्होंने कहा है कि पच्चीस साल पहले टेलीफोन संपर्क विशेष लोगों को ही उपलब्ध था जबकि आज यह आम आदमी के सशक्तीकरण का माध्यम बन गया है प्रधानमंत्री ने कहा है कि दूरसंचार क्षेत्र की उपलब्धियां सरकार की डिजिटल इंडिया पहल और जनधन आधार और मोबाइल फोन को आपस में जोडने के अभियान जैम के अनुरूप हैं उच्चतम न्यायालय ने कल देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम और द्मका स्थित बासुकीनाथ मंदिर में सीमित संख्या में श्रद्वालुओं को प्रजा करने की अनुमति प्रदान कर दी है इस दौरान अदालत ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो धार्मिक स्थलों को खास मौकों पर खोल सकती है उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने ट्वीट के जरिये शीर्ष अदालत के प्रति आभार व्यक्त किया है गौरतलब है कि श्री दूबे ने बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम को सावन के महीने में नहीं खोलने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी राज्य भर में आज कुर्बानी का त्योहार बकरीद मनाई जा रही है रांची ईदगाह के मौलाना डॉक्टर असगर मिसवाही ने कहा है कि सभी मुसलमान ईद उल अजहा सादगी के साथ मनाएं और घर पर ही नमाज अदा कर कर्बानी दें इस दौरान वे दिखावा से परहेज करें और साफ सफाई का ख्याल रखें उन्होंने लोगों से ॅ अपील की है कि वे सरकार द्वारा किए गए निर्देशों का पालन करें रांची के विभिन्न क्षेत्रों में कल सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया नगर पुलिस अधीक्षक सौरभ के अनुसार बकरीद के मददेनजर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में एक हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने ईद उल अजहा पर लोगों को मुबारकबाद दी अपने संदेश में श्री कोविद ने कहा कि यह त्यौहार बलिदान और सौहार्द का प्रतीक है वहीं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है प्रधानमंत्री के आहवान पर रामगढ़ जिले में लोकल वोकल के नारे को चरितार्थ करते हुए कामकाजी महिलाएं घरों में ही राखियां बना रही है जिले के लोगों ने आने वाले रक्षाबंधन त्यौहार के मद्देनजर विदेशी राखियों का पुर्णतः बहिष्कार कर दिया है

वह असम के नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी का सक्रिय सदस्य है हाल के दिनों में बोरियो के व्यवसायी के अपहरण और हत्या मामले में भी इसका नाम सामने आया है इसके अलावा गोड्डा जिले के ठाक्रगंगटी थाना क्षेत्र में गाड़ी जलाने और फायरिंग करने के मामले में भी इसकी संलिप्तता रही है पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किसपोट्टा ने गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पर बोरियो व मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र में कई मामले दर्ज हैं अब अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने राज्य भर में आठ सौ से अधिक नए कोरोना संक्रमितों के मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है मुख्यमंत्री आवास के दो कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए अखबार ने श्रावणी मेले को लेकर दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से शीर्षक दिया है कि बाबाधाम में दर्शन की अनुमति देने पर विचार करे सरकार दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय में बाबाधाम दर्शन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है साथ ही आठ जिलों में सामान्य से कम बारिश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया आधा मानसून बीता पर प्यास अधूरी दैनिक हिंदुस्तान ने भाजपा सांसद की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की खबर को शीर्षक दिया बाबाधाम खोलने पर विचार करे सरकार वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को भी पहले पन्ने पर जगह दी है रांची एक्सप्रेस ने कंटेनमेंट जोन को मुक्त करने की खबर को शीर्षक दिया है अब चौदह दिन कंटेनमेंट जोन होगा कोरोना फ्री द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पिछले चौबीस घंटे में अब तक के सबसे अधिक कोरोना संक्रमितों की संख्या को पहले पन्ने पर जगह दी है और हिंदुस्तान टाइम्स ने केंद्र सरकार के हवाले से प्रकाशित खबर को शीर्षक दिया है कि सिर्फ शून्य दशमलव दो आठ प्रतिशत कोरोना मरीज वेंटिलेटर पर हैं